मुख्य चुनाव अधिकारी आनंद कुमार ने कल झुंझुनूं जिले में मंडावा में उप चुनाव की तैयारियों को लेकर जिला अधिकारियों की बैठक के बाद ये जानकारी दी

श्री पायलट ने कल जयपुर में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि यह स्थानीय मुद्दों के चुनाव हैं और दोनों विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस की शानदार जीत होगी वहीं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कल मंडावा में उप चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अब तक की तैयारियों पर समीक्षा की

इसके लिए श्री गहलोत के निर्देश पर राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष और अधिकारियों के साथ कल मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठक आयोजित की गई इस बैठक में भर्तियों को पूरी करने के संदर्भ में आ रही अड़चनों और विचाराधीन न्यायिक प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही करने के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए मुख्य सचिव के स्तर पर भी इस संदर्भ में जल्दी ही एक बैठक आयोजित की जाएगी गौरतलब है कि मुख्य सचिव हर महीने भर्तियों की समीक्षा कर रहे हैं

शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा की पहल पर लम्बे समय से प्रक्रियाधीन इस भर्ती के लिए अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही कर पदस्थापन कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं

राज्य सरकार ने इस बारे में एक आदेश जारी किया है निर्देशों के अनुसार ट्रांन्सजेंडर श्रेणी के लिए पात्र आशार्थी को राज्य में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से प्रदत्त स्नातक डिग्री धारक होना जरूरी है

आज उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव सुपा में किया जायेगा

अजमेर के संभागीय आयुक्त एल एन मीना ने कहा कि यदि माहौल सौहार्दपूर्ण रहा तो ढील की अवधि को बढाया जा सकता है फिलहाल इंटरनेट सेवाएं बंद रहेगी गौरतलब है कि विजयादशमी पर शोभायात्रा के दौरान दो समुदायों में पथराव के बाद यहां तनाव की स्थिति बन गई थी